मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र भी इस दौरान मौजूद रहे इन राजमार्ग परियोजनाओं में पंजाब हिमाचल सीमा से सिहूणी खण्ड के फोरलेन कार्य का शिलान्यास भी शामिल है

इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के अलावा लोगों को सुरक्षित यातायात की सुविधा मिलेगी उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को रोजगार सृजन सुनिश्चित करने के अलावा क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी सांसद शांता कुमार खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा और स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार सहित अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद रूपी चुनौती से निपटने के लिए सभी से जातिवाद संप्रदायवाद क्षेत्रवाद सहित अन्य सभी मतभेदों को भुलाकर आगे आने का आहवान किया है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज उन्होंने कहा कि हमारे सशस्त्र बल हमेशा ही अद्वितीय साहस और पराक्रम का परिचय देते आए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना ने आतंकवादियों और उनके मददगारों के खात्मे का संकल्प लिया है और हमले के सौ घण्टे के भीतर ही इस दिशा में कड़े कदम उठाए गए हैं प्रधानमंत्री ने आगामी वार्षिक परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं उन्होंने कहा कि पिछले दिनों परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से विभिन्न विषयों पर बातचीत हुई है जो निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए मददगार बनेगी किसान सम्मान प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज धर्मशाला में शुभारम्भ किया

उन्होंने कहा कि इस योजना की शुरूआत किसानों के कल्याण के प्रति केन्द्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है मुख्यमंत्री ने बताया कि पात्र लाभार्थियों को लाभ हस्तांतरित करने के लिए योजना गत पहली दिसम्बर से प्रभावी होगी

खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार और सांसद शांता कुमार भी समारोह में मौजूद रहे

समापन अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों बच्चों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं इस दौरान सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए सांसद स्वास्थ्य मोबाइल अस्पताल सुविधा जल्द उपलब्ध करवाई जाएगी उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को घरद्वार पर चिकित्सा जांच सेवाएं मिल सकेंगी राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि प्राकृतिक कृषि से ही किसानों का कल्याण संभव है क्रूक्षेत्र के गुरूक्ल में आज इस विषय पर हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कृषि में मल्चिंग के माध्यम से खरपतवार को भी समाप्त किया जा सकता है राज्यपाल ने किसानों से खेतों में फसल चक्र को अपनाने पर भी बल दिया उन्होंने कहा कि एक ही फसल के उत्पादन से पोषक तत्व कम हो जाते हैं जिससे उत्पादन भी घटता है गोबिंद ठाक्र मण्डी ज़िले के धर्मप्र में पथ परिवहन निगम के डिपो और संधोल में उपडिपो का परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने आज शुभारम्भ किया उन्होंने धर्मपुर से धर्मशाला के लिए नई बस सेवा को भी हरी झण्डी दिखाई धर्मपुर में एक जनसभा में गोबिंद ठाकर ने कहा कि निगम के डिपो और उपडिपो के शुरू होने से स्थानीय लोगों को परिवहन की और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी